बाद में लाहौल स्पीति जिले के सिस्सु में एक जनसभा में उन्होंने बताया कि रोहतांग टनल के निरीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा खराब मौसम के कारण नहीं हो पाया जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के सात महीने के कार्यकाल में केंद्र सरकार को जितनी भी परियोजनाएं भेजी गई सभी को स्वीकृति मिली है मुख्यंमत्री ने कहा कि इस छोटी सी अवधि में केंद्र सरकार से छः हजार करोड़ रुपए हिमाचल को विकास के लिए मिले हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति के लोगों के लिए रोहतांग टनल एक सपना था और इसका निर्माण शुरू करने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे अधिक योगदान रहा है इस टनल के बनने से लाहौल घाटी पूरे साल दुनिया से जुड़ी रहेगी और विकास के मामले में नई क्रांति आएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है इस मौके कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए कार्यक्रम में वन मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिमला शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो की रोगी कल्याण समितियों की एक बैठक आज शिमला में हुई इसकी अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार लोगों को घरद्वार के समीप गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने को प्रयासरत है उन्होंने रोगी कल्याण समितियों से आय सूजन के लिए आवश्यक सुझाव देने का आग्रह किया ताकि लोगों को इनके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके शिक्षा मंत्री ने समितियों को अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत भी बताई वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों सहित विभिन्न भागों से यात्री हरिद्वार जाते है और रेल सेवा न होने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वीरेंद्र कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से कालका व हरिद्वार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग की ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिल सकें सांसद ने कहा कि इस रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखण्ड और हिमाचल दोंनो राज्यों के बीच पर्यटन गतिविधियां बढेंगी और धार्मिक पर्यटन को भी विशेष बल मिलेगा साक्षरता कार्यक्रम रिजर्व बैंक शिमला द्वारा वित्तीय साक्षरता व समावेशन पर रिकांगपिओ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारियों व जवानों के अलावा कारोबारियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अमर नाथ ने कार्यक्रम में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे वित्तीय फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी उन्होंने डिजिटल लेनदेन के समय बैंक उपभोक्ताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों पर भी जागरूक किया चंद्र ग्रहण आज पूर्ण चन्द्रग्रहण होगा और यह इस शताब्दी का सबसे लंबी अवधि का ग्रहण होगा

इसे बादल न होने की स्थिति में पूरे देश में देखा जा सकेगा चन्द्रग्रहण अफ्रीका मध्य एशिया दक्षिण अमरीका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा मौसम प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर जोरदार वर्षा हो रही है

इस वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और न्यूनतम तापमान में एक से दो व अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है सिरमौर जिले के पांवटा साहिब की गिरि नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे आठ लोगों को जिला प्रशासन व एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है नाहन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि साल वाला पंचायत के करीब एक दर्जन लोग गिरि नदी के तट पर बांगरन पुल के समीप बकरियां चराने गए थे कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा के बाद नदी नाले उफान पर हैं और ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से भुंतर में प्रवासियों की झुग्गियां जलमग्न हो गई हैं उपायुक्त युनूस ने जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में भी दिन भर रुक रुक कर वर्षा हो रही है

पुल बहाल चम्बा जिले में पिछले दिनों भारी वर्षा व बादल फटने से धरवास नाले पर क्षतिग्रस्त हुए पुल को सीमा सड़क संगठन ने आज वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि पुल के बहाल होने से पांगी घाटी की तीन पंचायतें किलाड़ मुख्यालय से जुड़ गई हैं जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है